लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है सदन ने इस विधेयक को बयालिस के मुकाबले एक सौ सैंतालीस वोट से पारित किया विधेयक पर हई चर्चा का जवाब देते हए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतकवाद के खिलाफ एनडीए सरकार की प्रतिबद्वता को दोहराया उन्होंने कहा कि आंतकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाने की जरूरत है अगर हम एक मत के साथ यहां से पारित करते हैं तो विश्वमर के अंदर हमारी ऐजेंसी के लिए अच्छा संदेश जाएगा और विश्वमर के आतंकवादियों के अंदर भी एनआईए की धमक बढ़ेगी हमारे कानून की धमक बढ़ेगी और कम से कम आतंकवाद जैसे मूदे पर भी यह सदन एक मत है ऐसा एक संदेश जाएगा कुछ सदस्यों की इस आपत्ति पर कि व्यक्तियों को आंतकवादी नहीं घोषित किया जाना चाहिए गृह मंत्री ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में व्यक्तियों को आंतकवादी घोषति किए जाने का प्रावधान है सदन ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के बारे में डीएमके और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के संशोधनों को नामंजूर कर दिया इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि यह विधेयक केन्द्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से आंतकवादी घोषित कर सकती है उन्हॉने कहा कि यह विधेयक न्यायालय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा उधर वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी भाजपा के शमशेर सिंह मनहास और स्वपन दास गुप्ता ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह समय की आवश्यकता है विधेयक में गैरकानूती गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ सड़सठ में संशोधनों का प्रावधान है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का परिवार पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानान्तरित करने के बारे में स्वयं फैसला ले सकता है न्यायालय ने आज इस मामले में न्यायालय का सहयोग कर रहे वकील वी गिरी के उस वक्तव्य का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीड़िता इस समय बेहोश है और वेटिलेटर पर है उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजन फिलहाल उनका इलाज लखनऊ में ही जारी रखने के पक्ष में है न्यायालय को यह भी बताया गया है कि पीड़िता के साथ घायल हुए उनके वकील फिलहाल वेंटिलेटर पर नही हैं लेकिन उनकी स्थिति गम्भीर बनी हई है उच्चतम न्यायाल ने सभी मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पीड़िता की पहचान के बारे जानकारी प्रसारित ना करें मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में सीबीआई ने आज संबंधित ट्रक के चालक और क्लीनर को लखनऊ की सीबीआई अदालत में पेश किया सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विघेयक के बारे में हड़ताल कर रहे डॉक्टरॉ से मुलाकात की उन्होंने डॉक्टरों को यह बताया कि यह विधेयक स्वयं उनके रोगियों और देश के हित में है बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर डॉक्टरों की भ्रांतियों को दूर किया है स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से अपना विरोध समाप्त करने का अनुरोध किया राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में आज दूसरे दिन भी इस विघेयक के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में रोजाना सुनवाई होगी जो इस महीने की छह तारीख से शुरू होगी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस बारे में कोई सहमति नहीं हासिल कर सका न्यायालय ने मध्यस्थता पैनल से पहले कहा था कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट इकतीस जुलाई तक पेश करे उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया कि वह आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को अपनी आवाज के नमूने जांच एजेंसियों को देने का निर्देश दे सकते हैं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अब तक अभियुक्त अपनी आवाज के नमूने देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीवी का आज गाजीपुर स्थित धामपुर गांव में उनके पैतुक निवास पर निधन हो गया वह पंचानवे वर्ष की थीं और पिछले कुछ दिनों से गम्मीर रूप से बीमार चल रही थीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुये मथुरा निवासी जवान रामवीर को भावभीनी श्रद्वांजलि दी है शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री ने उन्हें पचीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर आज सुबह एक बस और कार की टक्कर हो गयी जिससे कार सवार तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है